पेरिस में यूनेस्कों भवन में आज भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने उन्हें न्यू इंडिया के निर्माण के लिए शानदार जनादेश दिया है श्री मोदी ने कहा कि नए भारत में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद सार्वजनिक धन की लूट और आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं होगा उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को खत्म कर दिया क्योंकि नये भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता श्री मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के दो हजार तीस तक हासिल किये जाने वाले ज्यादातार लक्ष्यों को अगले साल डेढ़ साल में हासिल कर लेगा इंटर सेक्टर पब्लिक बैंकों का आज से ईटानगर में दो दिवसीय परामर्श कार्यक्रम शुरु हुआ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत पंद्रह पब्लिक सेक्टर बैंको के लिए राज्य स्तरीय विचार विमर्श का उद्देश्य बैंकों की समस्याओं को दूर कर केंद्र सरकार द्वारा देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग करना है इस बैठक में शिक्षा आवास व्यवसाय सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उपायों पर चर्चा की गई

श्री कुमार ने कहा कि कुछ उपायों की घोषणा दो हजार उन्नीस बीस के केंद्रीय बजट में की गई है जिनमें रेलवे सहित कई क्षेत्रों में निजी निवेशकों को आमंत्रित करना शामिल हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी निवेशकों को मदद देने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने की बजट में घोषणा की है डॉ कुमार ने रेपो रेट में हाल में की गई पैतीस बेसिस पोईंट की कमी को अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम बताया उन्होंने कहा कि ब्यज दरों में कमी से निवेश को बढ़ावा मिलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि शिक्षा से युवाओं में अंतर्मन में झांकने और द्रसरों की पीड़ा समझने की क्षमता विकसित होनी चाहिए दया भाव के बारे में पहले विश्व युवा मा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि पूर्वाग्रहों से उबरने के लिए शिक्षा बहुत जरुरत है उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह शिक्षित करने की जरुरत है कि वे जाति और वर की सीमाओं से ऊपर उठ सके श्री कोविंद ने यह भी कहा कि युवाओं को रचनात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अन्याय और असमानता दूर करने के उपाय खोज सकें राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है अपने संदेश में उन्होंने राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है इधर दोन्यी पोलो स्कूल पासीघाट में आज जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर धार्मिक जलुस निकाला गया जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने नगरीय क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को भगवान कृष्ण का संदेश दिया ईस्ट सियांग जिले के बोलेन में सियांग एंगलिंग फेस्टिवल चल रहा है

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विभिन्न श्रेणियों के लिए दो हजार अटठारह उन्नीस के पोषण अभियान प्रस्कार प्रदान किए पोषण अभियान को बढ़ावा देकर देश के सभी परिवारों को लाभान्वित करने को सुनिश्चित बनाने में योगदान के लिए राज्यों जिलों ब्लॉकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए सीनियर क्रिकेट टीम के चयन के लिए ट्रायल ईटानगर स्थिति इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न इलाकों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इसमें प्रदर्शन के आधार पर अगले महीने आयोजित होने वाले विजय कुमार क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए पंद्रह सदस्यीय टीम का चयन किया जायेगा

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो दशमलव सात मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है